मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सिवनी जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि सिवनी जिला शहीदों का जिला है बिंद् क्मरे जैसे शहीदों ने अपनी जान पर खेलकर स्वतंत्रता बनाये रखने में मातृभूमि की रक्षा कर अपना बलिदान दिया है इसलिए उनकी याद में उनके परिवारों का सम्मान किया जायेगा जांच समिति कांग्रेस महासचिव और पार्टी प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के साथ दो दिन पहले विदिशा में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए द्वर्व्यवहार की जांच के लिए पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दो सदस्यीय जांच समिति गठित की है ये समिति जांच के बाद पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक श्री कमलनाथ ने श्री बावरिया के साथ हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है समिति में कांग्रेस नेता पी सी शर्मा और एडवोकेट साजिद अली को शामिल किया गया है दोनों सदस्यों को मौके पर जाकर घटनाक्रम की पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर और समी पक्षों से चर्चा कर आज शाम तक रिपोर्ट देने के लिये निर्देशित किया गया है निर्वाचन साक्षरता प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के अलावा अधिकतम वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने होशंगाबाद जिले में भी मतदाता जागरूकता रथ निकाला जा रहा है आयोग द्वारा एक वाहन में निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाया गया है जिसमें नई डिजाइन की ईव्हीएम मशीनों से मतदान की प्रकिया वीवीपैट मशीन मतदाता सूची में संशोधन नाम जुड़वाने कटवाने और चुनाव संबंधी जानकारी से मतदाताओं को जागरुक कराया जा रहा है आयोग द्वारा चार अंको के हेल्पलाइन नंबर एक नौ पॉच शून्य की जानकारी भी दी जा रही है जहां मतदाताओं की समस्याओं और शिकायतों का निवारण होगा आदिवासी दिवस प्रदेश में कल आदिवासी दिवस मनाया जायेगा इस अवसर पर आदिवासी संस्कृति पर केन्द्रित कार्यकम आयोजित किये जायेंगे ये कार्यकम जनजातीय कलाकारों और आदिवासी कला मंडलियों द्वारा प्रस्तूत किये जायेंगे इस मौके पर आदिवासी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जायेगा

ऑन व्हील वैन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा देने के लिए वर्ल्ड ऑन व्हील वैन का कल लोकार्पण हुआ स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस मौके स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा देने में वर्ल्ड ऑन व्हील महत्वपूर्ण साबित होगी स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षा एवं जागरूकता के लिये मोबाइल कम्प्यूटर लैब एक स्कूल से दूसरे स्कूल और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचकर कम्प्यूटर शिक्षा के लिये सकारात्मक वातावरण तैयार करेगी शेर मृत्यु इंदौर के कमला नेहरु प्राणी संग्रहालय में आज एक शेर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया

जांच में उसे पिछले पैरों वाले हिस्से में लकवा पाया गया आज सुबह सुल्तान की तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल किया गया लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई मौसम प्रदेश के कई हिस्सों से आज बारिश की खबरें मिल रही हैं राजधानी भोपाल में कुछ दिनों की गर्मी और उमस के बाद बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में जबलपुर सागर रीवा शहडोल होशंगाबाद और भोपाल संभागों के अधिकांश स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग के अनेक स्थानों पर तथा उज्जैन और इंदौर संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने भोपाल रायसेन विदिशा सीहोर होशंगाबाद और हरदा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

यहां ग्राम कानड़ में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे